और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के बाद यह बात कही साउंड बाईट हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया गया है साउंड बाईट चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि छठे दौर की बातचीत में किसानों की समस्या हल होने की संभावना बनी हुई है प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह संतानवे दशमलव दो प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव नौ दो प्रतिशत अधिक है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है श्री पांडेय ने कहा कि फिलहाल पांच हजार तीन सौ बयासी रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जिनमें से पटना में सर्वाधिक एक हजार नौ सौ ग्यारह रोगी हैं पिछले चौबीस घंटे में सात सौ अट्ठाईस रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए जबकि पांच सौ तिहत्तर लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई राज्य में दो लाख इकतीस हजार आठ सौ छियासठ रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं कल एक लाख अट्ठाईस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई राज्य में अब तक एक करोड़ तिरपन लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग प्रतिदिन बीस हजार से अधिक आरटीपीसीआर जांच कर रहा है जिसमें आगे और भी वृद्धि की जायेगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख नाक गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा साउंड बाईट कोरोना के साथ छह आठ महीने निकल चुके है अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं हैं फिर भी बीमारी जो है हो के निकल भी जाती है पर ये लापरवाही की बात नहीं है चार से छह जरूर होते हैं सौ में से जिनमें कि बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है पता ही है आप सबको कि एक दो में मृत्यू भी हो जाती है तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं जब आप मास्क लगाते हैं तो ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इंफैक्शन नहीं होगा पर ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अमी ए सिम्टोमैटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को न दें जैसे समझ लीजिये कि जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क के बायें तरफ रहते हैं

इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है अपने प्रोटैक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटैक्शन के लिए थोड़ा रिसपोन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है देश में कोविड के कुल सक्रिय मामलों में कमी आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से यह संभव हुआ है स्वस्थ होने वालों की संख्या में गिरावट आने से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आकर यह छह हजार तीन सौ तिरानवे रह गई है देश में प्रतिदिन रोगियों के स्वस्थ होने की वजह से पिछले आठ दिनों में दर्ज होने वाले दैनिक मामलों में कमी आई है मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ने से देश में स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में बयालीस हजार पांच सौ तैंतीस मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या नब्बे लाख अंठावन हजार आठ सौ बाईस हो गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिये जाने के विरोध में ग्यारह दिसंबर को कार्य का वहिष्कार करने का निर्णय लिया है आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की जो अनुमति दी है इस आदेश के खिलाफ चिकित्सक आठ दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल की जायेगी वहीं आयुर्वेद चिकित्सकों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर धन्यवाद दिया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत ने कहा है कि कोरोनाकाल में बिहार के स्वंय सेवकों ने काफी अच्छा काम किया है उन्होंने पटना में स्वयं सेवकों का आभार जताते हुये कहा कि स्वयं सेवकों ने वैश्विक संकट में लोगों की जमकर सेवा की है श्री भागवत आज भी कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे जिसमें आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे बैठक में संघ प्रमुख के अलावा भैया जी जोशी सुरेश सोनी मनमोहन वैद्य समेत चार दर्जन पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं पटना जंक्शन पर डिब्रगढ़ से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्रा मेल स्पेशल ट्रेन से खुफिया राजस्व निदेशालय डीआरआई ने सवा चार किलो सोना बरामद किया है बरामद सोने की कीमत लगभग दो करोड़ छब्बीस लाख रूपये बतायी जा रही है डीआरआई के अधिकारी राजेश रंजन ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अधिकारी ने कहा कि यह सोना म्यांमार से तस्करी कर लाया जा रहा था प्ररा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है जिसके कल तक बने रहने की संभावना है आज भी बादल और ध्रंध का प्रभाव रहेगा बदलते मौसम के कारण सूर्य के निकलने की संभावना कम बनी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल से स्थिति में सुधार हो सकता है अगर मौसम साफ रहेगा तो अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी लेकिन रात में ठंड बढ़ेगी वहीं कोहरे के कारण पटना दरभंगा और गया एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन में देरी हो रही है कई विमान काफी देर से पहुंचे भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर को उनकी चौसठवीं पुण्य तिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्र निर्माण में डॉ आम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री और सांसद नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में डाक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई देते हुये अम्बेदकर जीवन दर्शन को अपनाने की अपील की है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राईवेट छात्रों के लिये फॉर्म भरने की तिथि नौ दिसंबर तक बढ़ा दी है इसके साथ ही छात्र चौदह दिसंबर तक अपने परीक्षा फॉर्म में सुधार कर सकते हैं बोर्ड ने कहा है कि आवेदन फॉर्म जमा करने पर छात्रों को नया रौल नम्बर मिलेगा प्रदेश के मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खाली पद लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जायंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने के लिये एक कमिटी बनायी गई है जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी उन्होंने कहा कि आठ साल या इससे ज्यादा की सेवा प्ररी कर चुके नियोजित शिक्षकों को लिखित परीक्षा में सफल होने पर वरीयता क्रम में प्रोन्नति दी जायेगी वहीं राज्य के निजी और सरकारी विद्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि सभी शिक्षा पदाधिकारियों को इसका निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी जल ख्रोतों की वर्ष में दो बार जांच की जायेगी यह जांच चौदह दिसंबर से पांच जनवरी तक चलेगा साथ ही जांच के दौरान जिस स्थान पर पानी की शुद्धता में कमी पाई जायेगी उस स्थान पर उसे तत्काल ठीक किया जायेगा वैशाली जिले के आरक्षी अधीक्षक के पूर्व रीडर अनिल प्रसाद यादव को पटना पुलिस ने ठगी के एक मामले में गिरफ्तार किया है वर्तमान में रीडर पर विभागीय कार्रवाई चल रही है बेगूसराय जिले के मंझौल ओपी अध्यक्ष सुबोध कुमार और सहायक निरीक्षक सुरेश कुमार को आरक्षी अधीक्षक अवकाश कुमार ने निलंबित कर दिया है निलंबित अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप है पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुये दस देसी निर्मित और चौदह अर्द्वनिर्मित पिस्टल के साथ बीस मैगजीन बरामद किया है रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के चपरी गांव में दूषित पानी पीने से तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि साठ लोग बीमार हो गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय से आईडीएसपी की एक टीम जांच के लिये भेजी जा रही है उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष और दो लोगों को लगभग आठ लाख रूपये के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्टल और दो कारतूस भी बरामद किया है वहीं इसी जिले में निगरानी की टीम ने परिवहन कार्यालय से दो कर्मचारियों को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है भागलपुर जिले में ग्यारह दिसंबर से तीन दिवसीय पक्षी उत्सव मनाया जायेगा राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में लोग पक्षियों को पहचानने के तरीके से लेकर उनके व्यावहार की समझ विकसित करने की जानकारी लेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां किसान कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है किसान कानून रद्द करने पर अडिग दैनिक भास्कर ने कोरोना वैक्सीन के मामले में वायुसेना की तैयारी पर लिखा है देश में वैक्सीन बांटने के लिये रोडमैप तैयार एयरफोर्स के एक सौ विमान हेलीकॉप्टर रिजर्व दैनिक जागरण ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर दर्ज प्राथमिकी पर शीर्षक दिया है तेजस्वी समेत अठारह नामजद पांच सौ अज्ञात पर प्राथमिकी प्रभात खबर ने नये संसद भवन की आधारशिला रखे जाने पर लिखा है नये संसद भवन की दस को आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री दैनिक आज ने फिजीकल टीचर व लाइब्रेरियत नहीं बनेंगे हेडमास्टर को बड़ी खबर बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार केंद्र सरकार और किसानों के बीच पांचवे दौर की वार्ता समाप्त

और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में